राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही कल से प्रदेश में तेईस नई तहसीलें अस्तित्व में आ जाएंगी

कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर केके ध्युव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के डॉक्टर गंभीर सिंह को अड़तीस हजार एक सौ संतानवे मतों से पराजित किया है कांग्रेस उम्मीदवार को कृल तिरासी हजार पांच सौ इकसठ वोट मिले जिसमें चार सौ अटहत्तर डाक मतपत्र भी शामिल हैं वहीं भाजपा प्रत्याशी ने पैंतालीस हजार तीन सौ चौंसठ वोट प्राप्त किए

मरवाही उपचुनाव में कुल एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ छियासठ वोट पड़े इनमें से कांग्रेस प्रत्याशी को छप्पन दशमलव शून्य नौ प्रतिशत और भाजपा उम्मीदवार को तीस दशमलव चार पांच प्रतिशत वोट मिले इस उपचुनाव में तीन हजार सात सौ सतयासी वोट नोटा को पड़े मरवाही उपचुनाव के लिए कुल आठ उम्मीदवार मैदान में थे मरवाही उपचुनाव में जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या अब सत्तर हो गई है मरवाही सीट पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में श्री जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ से विधायक निर्वाचित हुए थे मरवाही उपचुनाव में भिली जीत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यो का परिणाम बताया वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मरवाही उपचुनाव में जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों पर क्षेत्र की जनता ने मुहर लगाई है दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि मरवाही उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी तहसील गठन प्रदेश में तेईस नई तहसीलों का गठन किया जा रहा है नई तहसीलें कल ग्यारह नवंबर को राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही अस्तित्व में आ जाएगी नई तहसीलों में खरोरा गोबरा नवापारा भखारा बोरी भिलाई तीन गंडई अर्जु दा सकरी रतनपुर बेलगहना लालपुर थाना सारागांव बम्हनीडीह और बाराद्वार शामिल हैं इसके अलावा दर्शी हरदीबाजार दरिमा रामचंद्रपुर सामरी केल्हारी लटोरी सन्ना और गादीरास को भी नई तहसील का दर्जा दिया गया है मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने आज दूर्ग जिले के पाटन में स्वामी आत्मानंद उद्यान के लोकार्पण के साथ ही एसडीएम कार्यालय के नये भवन का भूमिपजन किया इसके अलावा उन्होंने पाटन में अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की इस मौके पर आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई से लेकर वितरण तक हर मोर्च पर पहल कर रही है उन्होंने कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम भिलेगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय सुखचैन लाल भाले की प्रतिमा का अनावरण भी किया रबी फसल पानी प्रदेश में आगामी रबी सीजन में फसलों की सिंचाई के लिए विभिन्न बांधों और जलाशयों से पानी दिया जाएगा जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय जल उपयोगिता सभिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया रबी सीजन में सिंचाई बांघों और जलाशयों से लगभग दो लाख सोलह हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है जल संसाधन मंत्री ने विमागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक्शन प्लान तैयार करने और संबंधित इलाकों के किसानों को इसकी जानकारी देने को कहा है ताकि किसान रबी फसल के लिए बीज खाद के इंतजाम के साथ ही अन्य आवश्यक तैयारी कर सकें अधिकारियों ने बताया कि खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए जलापूर्ति के बाद राज्य के बांधों और जलाशयों में औसतन बयासी दशमलव आठ छह प्रतिशत जलमराव है बीज निगम बैठक कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी श्री चौबे ने राज्य बीज और कृषि विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में समितियों या निजी विक्रेताओं द्वारा किसानों को प्रदाय किए जाने वाले खाद बीज और कृषि यंत्रों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत भी अधिकारियों को दी बैठक में कीटनाशक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों पर अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि आदान सामग्रियों की गुणवत्ता और कीमत को लेकर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित फर्म को सील करने के साथ ही उसके संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी श्री चौबे ने बीज निगम और कृषि विभाग को किसानों को समय पर कृषि आदान सामग्री और कृषि यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

मुख्य सचिव आरपी मंडल ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह जानकारी दी मुख्य सचिव ने बताया कि नगरनार इस्पात संयंत्र के निर्माण से प्रभावित होने वाले इकसठ गांवों में से संतावन गांवों में भू अर्जन सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं बाकी चार गांवों में भी भ अर्जन की प्रक्रिया नवंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएगी वहीं मुख्य सचिव ने आज प्रदेश में एक दिसंबर से प्रस्तावित धान खरीदी की व्यवस्था के संबंध में खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली बैठक में उन्होंने नए खरीदी केन्द्र बनाने के लिए एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए साथ ही खरीदी केन्द्रों में चबूतरों का निर्माण भी इस माह के अंत तक करने कहा गया है गुणवत्ता जांच प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए अब कांक्रीट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की सोनरेब विधि से निगरानी शुरू की गई है इसके दायरे भें दस करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाले कार्यों को रखा गया है मृख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे अपने पत्र में कहा है कि निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कांक्रीट क्यूब का परीक्षण कांक्रीट की मात्रा के अनुरूप नहीं किया जा रहा है जबकि सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में ढांचे की मजबूती के लिए कांक्रीट कार्य की गुणवत्ता की निगरानी बहुत जरूरी है

आरोप था कि उन्होंने मजदूरों के नाम पर बैंक खाता खुलवाया था जिसकी जानकारी संबंधित लोगों को नहीं थी

इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल हैं इन दोनों माओवादियों पर आठ आठ लाख रूपये का इनाम घोषित था इन पर विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है इस बीच दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा बदलेम एड़का बदलता मन अभियान की शुरूआत की गई है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि लोन वर्राट् अभियान के तहत आत्मसमर्पित और जेलों में बंद अथवा रिहा होने वाले माओवादी और माओवाद से प्रभावित परिवारों तथा माओवादियों के परिवारों की काउंसिलिंग कर उन्हें परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाएगा इस अभियान के तहत माओवाद से संबंधित डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा एनजीटी फटाखा समय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेश के बाद छत्तीसगढ में दीपावली छठ ग्ररू पर्व नववर्ष और क्रिसमस के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अवधि निर्घारित कर दी गई है आदेश के मुताबिंक दीपावली पर्व पर रात्रि आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे वहीं छठ पूजा पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक गुरू पर्व पर रात आठ से दस बजे तक नववर्ष तथा क्रिसमस पर रात्रि ग्यारह बजकर पचपन मिनट से साढ़े बारह बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है इसी प्रकार फटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी द्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न प्रदूषण और ध्वनि का स्तर निर्घारित सीमा के भीतर हो सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है वहीं पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवेशी वाय गृणवत्ता की नियमित निंगरानी करने को कहा गया है राज्य शासन द्वारा वाय प्रद्षण के मद्देनजर एनजीटी के आदेश का प्रदेश में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कोरोना समाचार जागरूकता प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं वहीं विभिन्न माध्यमों से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है रायपूर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने इस संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक ली बैठक में बताया गया कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए लोग बिना मास्क के घरों से बाहर न निकलें त्यौहारों के समय बाजारों में भीड़ को देखते हुए लोगों को जागरूक करना जरूरी है रायपुर शहर के मुख्य बाजारों में टॉवर बनाकर माईक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा साथ ही व्यापॉरी संघ के प्रॉतनिधियों को स्वयं के साथ साथ दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया है वहीं यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीघर ने बताया है कि बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाना बहृत आवश्यक है बच्चों का निर्धारित टीकाकरण भी समय पर कराना चाहिए कोरोना संक्रमण के मामूली लक्षण दिखने पर बच्चों के स्वास्थ्य की तुरंत जांच कराने की भी सलाह दी गई है दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में थर्ड पार्टी सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें यह बात सामने आई है कि अगस्त के बाद से अब तक मरीजों को दिए जा रहे उपचार और अन्य सुविधाओं में लगभग दस प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है इस बीच बिलासपुर की डेंटल प्रैक्टिशनर डॉक्टर वैशाली गोवर्धन ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

यह देन प्रत्येक शनिवार को हटिया से सुबह नौ बजकर चालीस मिनट पर रवाना होगी इसी प्रकार एलटीटी हटिया ट्रेन प्रत्येक सोमवार को एलटीटी से बारह बजकर पंद्रह मिनट पर छूटेगी हादसा महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तिरपन पर पटेवा के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई दोनों युवक ट्रमसा गांव से वापस लौट रहे थे वहीं महासमंद जिला कलेक्टोरेट मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से दोपहिया सवार एक युवक की भी मौत हो गई इधर भिलाई इस्पात संयंत्र में एसएमएस दो कास्टर शॉप के पास आज पोकलेन से टकराकर गिरे भारी पाईप की चपेट में आने से एक महिला श्रमिक की मौत हो गई जबकि दो अन्य महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है हाथी उत्पात कोरिया जिले के खड़गवां क्षेत्र के कई गांवों में इन दिनों पैंतालीस हाथियों का दल विचरण कर रहा है हाथियों के दल ने मगम बारी बडेकलआ काशबहरा धनपुर गैरबना और धनरास गांव में उत्पात मचाया तथा पांच ग्रामीणों के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया वहीं छह ँकिसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है इस दौरान हाथियों के हमले से दो मवेशियों की मौत हो गई वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर रखी हुई है वहीं लोगों को हाथियों से सतर्क रहने की समझाइश दी जा रही है इधर महासमुंद जिले में भी हाथियों का उत्पात जारी है बीती रात एक हाथी ने कोकोभाटा में मवेशी पर हमला कर दिया जिससे इस मवेशी की मौत हो गई यह हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए चरोदा जंगल की ओर चला गया है संक्षिप्त समाचार जनसंपर्क विभाग की विभागीय परीक्षा उनतीस जनवरी से एक फरवरी तक आयोजित की जाएगी इस परीक्षा के लिए पात्रता रखने वाले अधिकारियों की सूची छब्बीस दिसंबर तक संभागायक्त को भेजते हए संचालनालय को सुचित करने को कहा गया है प्रदेश में सामाजिक चेतना उत्थान राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा नहीं किए जाने को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर और महासमुद में धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा वहीं महासमुंद में शराब की अवैध बिक्री के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली नगर पालिक निगम राजनांदगांव के कर्मचारियों ने दीपावली के अवसर पर सितंबर और अक्टबर माह के वेतन सहित अग्रिम राशि का भुगतान किए जाने की मांग की है राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के राज्य शौर्य पुरस्कार के लिए आगामी तीस दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं दूर्ग पुलिस ने विभिन्न जिलों में ठगी करने के मामले में एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है आरोपी के पास से एक लाख इक्कीस हजार रूपये नगद जब्त किए गए हैं